प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में जे पी मॉरगन इंटरनेशनल काउंसिल के साथ हुई एक बैठक में बोल रहे थे दो हजार सात के बाद इंटरनेशनल काउंसिल की भारत में यह पहली बैठक है इस समूह का भारत में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री देश को दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि जन भागीदारी सरकार की नीतियों की दिशा तय करती है उन्होंने कहा कि विदेश नीति के क्षेत्र में भारत अपने रणनीतिक सहयोगियों और निकट पड़ोसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सभी के लिए एक उचित और समान बहुध्व्रीय वैश्विक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की राजधानी के साथ पापुम पारे जिले में संगदुपोटा अंचल को जोड़ने वाली सड़क को जल्द ही डबल लेन राज्य राजमार्ग में उन्नत करने का आश्वासन दिया वे कल संगद्रपोटा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन अंचल के स्थानीय लोगों द्वारा भ्रमि के मुआवजा की मांग नहीं करने के बाद दिया पूर्वी अरुणाचल के लोगो की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खूबसूरत सड़के है और यहां के लोग बड़े ही सहयोगी है इससे पहले श्री खांडू ने संगदुपोटा में मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदलने के लिए तीस बिस्तरों वाले अस्पताल की नींव रखी मुख्यमंत्री के साथ समारोह में मौजूद राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने क्षेत्र के लोगों से विकासत्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आग्रह किया दौरे के दौरान श्री सोना ने जारबोम गामलिन राजकीय विधि महाविद्यालय का उद्घाटन भी किया तिरप जिले के खोंसा वेस्ट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां हो गई है मतगणना कल सवेरे आठ बजे से शुरु होगी गत इक्कीस अक्टूबर को हुए उपचुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नवासी प्रतिशत से भी अधिक मतदान दर्ज हुई इस उप चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती चाकत आबोह और अजेत होमटोक के बीच सीधा मुकाबला है मुख्य सचिव नरेश क्रमार ने वेबसाईट मोबाइल मेसैजेस जमाओं के अनधिकृत संग्रह आदि के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी वित्तीय अपराध का प्रारंभिक चरण में पता लगाने की क्षमता के साथ एक उच्च तकनीक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को तदनुसार कार्रवाई करने देना चाहिए वे कल ईटानगर के सिविल सेक्रेटेरियट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और असिंचित निकायों के नियमन पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री कुमार ने कहा कि सबसे जागरुक व्यक्ति भी कभी कभी बेईमान संस्थाओं का शिकार हो जाते है मुख्य सचिव ने अपराध प्रभाग के पुलिस अधीक्षक और वित्त सचिव को आर बी आई के साथ राज्य में होने वाले वित्तीय अपराधों के अलावा कानून आदेश अधिसूचना और राज्य सरकार के नवीनतम विकास के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से राज्य युवा मामलों के तत्वावधान के तहत तवांग जिला आगामी दस से बारह दिसंबर से सातवां पूर्वोत्तर युवा उत्सव आयोजित करेगा इस संबंध में कल ईटानगर में राज्य युवा मामला मंत्री मामा नातुंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उत्सव में सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अधिकरियों केंद्रीय खेल एवं यूवा मामला मंत्रालय एन वाय के एस और एन एस एस सहित करीब दो हजार प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने चेक गणराज्य के ब्रनो विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी के साथ प्राकृतिक इंजीनियरिंग और तकनीकी विज्ञान में सहयोगात्मक अनुसंधान करने के साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए अनुसंधान और छात्र विनियम कार्यक्रमों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा की उपस्थिति में कल विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार प्रोफेसर तोमो रिबा और ब्रनों यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रेक्टर पेट्र स्टेपानेक द्वारा समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शुरु में अगले पांच वर्षों के लिए तकनीकी जानकारी को साझा करने और उन्हें विकसित करने के लिए नए रास्ते प्रदान करना है